चम्बा जिला प्रशासन की नई पहल एलपीजी सिलेंडर के साथ उपभोक्ता को मिलेगा मतदाता जागरूकता का संदेश सप्ताह भर चलने वाला बिलासपुर का राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला आज से शुरू प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज

आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों को चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा कांगडा प्रशासन कांगड़ा ज़िले में निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना बेहद ज़रूरी है उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की ध्वनि के डेसिबल भी तय किए गए हैं और निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि भी आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी

सोलन पुलिस लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोलन में जिला पुलिस अधीक्षक मध्सदन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई इसमें पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए जुरूरी दिशा निर्देश दिए गए मध्सूदन शर्मा ने बताया कि चुनाव से पूर्व या चुनाव के दौरान किसी भी तरह की घटना न हो इसके लिए विभाग अलर्ट है उन्होंने कहा कि सोलन ज़िले में दिन और रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है इसके अलावा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान भी जारी रहेगा

इसके लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने मतदाता जागरूकता की अपील व संदेश के साथ एक विशेष स्टिकर तैयार किया है ये स्टिकर चम्बा जिले में एल पीजी उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले हर सिलेंडर पर लगाया जाएगा इसके अलावा सिलेंडर प्रदान करने वाले कर्मी भी लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे ज़िले में स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अरविन्द सिंह चौहान ने बताया कि ये स्टिकर वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं

कार्यक्रम में सांसद शांता कुमार ने महिला कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आहवान किया शांता कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार की मदद से प्रदेश के विकास को भी बल मिला है और अनेक विकास योजनाएं राज्य में चल रही हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है और देश को नई दिशा मिली है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी भी सम्मेलन में मौजूद रहीं अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर देशवासी राष्ट्र निर्माण के लिए चौकीदार बनकर खड़ा है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस मुहिम से जुड़कर हर व्यक्ति भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराईयों से लड़कर देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस मुहिम को देश के हर कोने से जन समर्थन मिल रहा है नलवाड़ी मेला सप्ताह भर चलने वाला बिलासपुर का राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला आज शुरू हुआ जिला उपायुक्त विवेक भाटिया और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने मेले के शुभारम्भ समारोह की अध्यक्षता की इस दौरान लुहण स्थित मेला स्थल पर बैलों के पारम्परिक पूजन की रस्म भी निभाई गई अपने संबोधन में उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मेलों के आयोजन से जहां प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार व संवर्धन होता है वहीं राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है

इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के हस्तनिर्मित उत्पाद देखने और खरीदने को मिलेंगे

धीरा के एसडीएम संजय स्वरूप ने बताया कि तीन दिवसीय इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न खेलकृद स्पर्धाएं करवाई जाएंगी इसके अलावा महिला मण्डलों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रस्साकस्सी मटकाफोड़ रंगोली प्रतियोगिताएं और झांकियां भी आकर्षण का केन्द्र रहेंगी संजय स्वरूप ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ प्रदेश के अन्य ज़िलों के कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे भाजपा प्रदेश भाजपा महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा है कि भाजपा बूथ स्तर की पार्टी है और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित हैं

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में एकबार फिर एनडीए सरकार बनना तय है उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए चारों संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए इन दिनों कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं कांग्रेस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक कांग्रेस से संबंधित कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सभी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षण के दौरान इन संयोजकों को पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं इधर पार्टी की शिमला शहरी महिला इकाई की बैठक आज चौड़ा मैदान में हुई जिसमें चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया

इसमें जहां वरिष्ठ कलाकारों का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेगा वहीं स्थानीय कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे इस उत्सव का आयोजन भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार उत्सव के पहले दिन प्रख्यात ओड़िसी नृत्यांगना सुजाता मोहपात्रा प्रस्तुति देंगी नृत्य उत्सव से पूर्व आज उन्होंने शिमला में नृत्य विधा से जुड़े विद्यार्थियों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने अपनी कला के कुछ अंश भी प्रस्तुत किए विधिक सेवा सोलन जिले के सलोगड़ा में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश चौहान ने उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि लोग विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित हैल्पलाइन नम्बर नौ चार एक आठ शून्य तीन तीन तीन आठ पांच और टोल फ्री नम्बर एक पांच एक शून्य शून्य के माध्यम से भी विधिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं शिविर में भरण पोषण अधिकार अधिनियम घरेलू हिंस्सा और बाल सुधार योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी मांग दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सरकार से बर्फबारी प्रभावित लाहौल स्पीति ज़िले में जनजीवन जल्द बहाल करने की मांग की है मोर्चा के प्रदेश महासचिव जवाहर शर्मा ने बीएसएनएल और सीमा सड़क संगठन प्रबंधन से भी संचार और मार्गों की बहाली की दिशा में जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं जनजातीय इलाकों में भी बादल छाए रहने से कई स्थानों पर ठण्ड का दौर अभी जारी है

हालांकि मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से खिल रही हल्की धूप से तापमान में वृद्धि महसूस की जा रही है

दुर्घटना सिरमौर जिले में चण्डीगढ़ देहरादून मार्ग पर मोगीनन्द के समीप आज सुबह सीमेंट से लदा एक ट्रक सलानी पुल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस हादसे में ट्रक परिचालक की मौत हो गई जबकि चालक घायल हुआ है मृतक की पहचान अंबाला के सुनील कुमार जबकि घायल की उमेश कुमार के रूप में हुई है